महापौर चुनाव राजनादगांव के बाद अब बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम में भी कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए हैं हमारे संवाददाता के अनुसार बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस ने रामशरण यादव को महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया था वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महापौर और सभापति के लिए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया जिसके बाद कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रामशरण यादव और सभापति पद के लिए शेख नजीरूदीन निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए इधर जगदलपुर में भी कांग्रेस की सफिरा साहू महापौर और कविता साहू सभापित चुन ली गई हैं दोनों पदों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हुए चुनाव के तहत कांग्रेस की सफिरा साहू को अट्ठाईस वोट वहीं भाजपा की दीप्ति पांडेय को अट्ठारह वोट मिले जबकि एक वोट निरस्त हो गया वहीं सभापति पद के लिए कविता साहू को अट्ठाईस और भाजपा के राजपाल कश्यप को बीस वोट मिले वहीं राजनांदगांव में नव निर्वाचित महापौर हेमा देशमुख और सभापति हरिनारायण धकेता के समर्थन में कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा इस दौरान नव निर्वाचित महापौर और सभापति का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया

अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की पुष्पा श्रीवास और उपाध्यक्ष पद पर वंदना बालासिंह ठाकुर निर्विरोध चुनी गई हैं इधर मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है अध्यक्ष पद पर प्रभा पटेल और उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण मुरारी तिवारी निर्वाचित हुए हैं उधर बालोद जिले के छह नगर पंचायतों में कांग्रेस और भाजपा ने तीन तीन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है कांग्रेस ने गुरूर लोहारा और अर्जुन्दा में वहीं भाजपा ने डौंडी चिखलाकसा तथा गुण्डरदेही में अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है विश्व ब्रेल दिवस आज विश्व ब्रेल दिवस है आधिकारिक रूप से यह वर्ष दो हजार उन्नीस से ही मनाया जा रहा है यह दिन दृष्टिबाधित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को मानवाधिकार प्रदान करने और संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है आकाशवाणी समाचार की ओर से आज विश्व ब्रेल दिवस अनोखे ढंग से मनाया गया आकाशवाणी की विभिन्न इकाइयों से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों और अधिकारियों द्वारा समाचार पढ़े गये दिल्ली केन्द्र से सुबह ग्यारह बजे का पांच मिनट का हिन्दी बुलेटिन दु ष्टिबाधित अधिकारी कमल प्रजापति ने पढ़ा इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी एक समावेशी माध्यम है और दृष्टि दिव्यांगजनों तक इसकी पहुंच सबसे आसान है उन्होंने कहा कि ब्रेल दिवस जैसे अवसर हमें समावेशी और सुगम्य समाज बनाने के प्रति समर्पित करते हैं ईरा जोशी ने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को समाचार संकलन का हिस्सा बनाने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा पंचायत चुनाव नामांकन प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अब तक करीब बीस हजार नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरपंच पद के लिए अब तक पंद्रह हजार तीन सौं जनपद पंचायत सदस्य के लिए तीन हजार छह सौ तेरह और जिला पंचायत सदस्य के लिए आठ सौ उनहत्तर प्रत्याशियों ने ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया है जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक दो हजार सात सौ अंठावन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन नामांकन पत्र भरा है वहीं बेमेतरा जिले में सबसे कम एक हजार एक सौ चवालीस उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन पत्र दाखिल किए हैं ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार इसकी हार्डकॉपी छह जनवरी को दोपहर तीन बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा सकते हैं गौरतलब है कि आम निर्वाचन में उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा करने की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है बस्तर मलेरिया उन्मुलन अभियान बस्तर संभाग को मलेरिया मुक्त करने स्वास्थ्य विभाग पंद्रह जनवरी से चौदह फरवरी तक मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाएगा अभियान के तहत बीजापुर दंतेवाड़ा नारायणपुर सुकमा कांकेर कोण्डागांव और बस्तर के हर घर आश्रम छात्रावास तथा पैरामिलिट्री कैम्प में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्वे किया जाएगा इसके बाद प्रत्येक सदस्य के खून की जांच की जाएगी और मलेरिया पाए जाने पर उनका इलाज शुरू किया जाएगा इस कार्य के लिए एक हजार सात सौ बीस दलों का गठन किया जाएगा तैलचित्र अनावरण छत्तीसगढ़ विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में आज महात्मा गांधी इंदिरा गांधी सरदार वल्लभभाई पटेल और राजीव गांधी के तैलचित्रों का अनावरण किया गया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि देश की महान विभूतियों की तस्वीर विधानसभा में लगने से इनके कार्यो और सिद्धांतों से सभी को प्रेरणा मिलेगी साथ ही विधानसभा की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय कक्ष को जीवंत रखने के लिए जो भी सुझाव और सहमति बनेगी राज्य सरकार उसे पूरा करेगी इस मौके पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यशैली की अन्य राज्यों में हुई सराहना का उल्लेख किया धान खरीदी प्रदेश में अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब तैंतीस लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है वहीं इसके एवज में आठ लाख से अधिक किसानों को पांच हजार तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है आधिकारिक जानकारी के अनुसार धान खरीदी के बाद पंजीकृत मिलरों ने कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव भी शुरू कर दिया है इसके तहत अब तक करीब बारह लाख मीटरिक टन धान का उठाव किया जा चुका है इधर राज्य सरकार ने चालू खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में किसानों की शिकायत सुझाव और पूछताछ के लिए राज्य स्तरीय किसान हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन तीन छह छह तीन शुरू किया है साथ ही किसानों को पुलिस हेल्पलाइन नंबर एक एक दो पर भी शिकायत की सुविधा दी गई है उधर महासमुंद जिले में धान के अवैध भंडारण और परिवहन की कार्रवाई में अब तक पचपन हजार तीन सौ पांच बोरा अवैध धान जब्त किया गया है निष्ठा कार्यक्रम राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि बच्चों को समग्र शिक्षा देने की आवश्यकता है ताकि उनका बौद्विक विकास बेहतर हो आज रायपुर में राष्ट्रीय पहल एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा रेलवे साइकिल रैली पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज बिलासपुर में जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया यह रैली जीएम कार्यालय से शुरू होकर तोरवा मोपका नैमा बगोई होते हुए सेमरताल पहुंची और वहां से वापस जीएम कार्यालय आकर समाप्त हुई रैली में रेलवे के चालीस से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में महासमुंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी बैडमिंटन उन्नीसवीं छत्तीसगढ़ सीनियर राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से भिलाई में शुरू हो गई है प्रतियोगिता में पुरूष और महिला वर्ग से बत्तीस टीमें हिस्सा ले रही हैं इनमें बीएसपी और एनएमडीसी की टीमें भी शामिल हैं प्रतियोगिता का समापन कल पांच जनवरी को होगा चयनित प्रतिभागी चौबीस जनवरी से मोतीहारी में आयोजित यूथ नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और पूर्व मुख्यमंत्री तथा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इसमें शामिल होंगे